प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ह कि आने वाले दौर के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं नवाचार प्राद्योगिकी और टीम वर्क आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईटी के विद्यार्थियों तथा यूवाआ का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि हमने अनुसंधान और विकास के लिए मजबूत प्रणाली बनाने का काम किया है और आईआईटी मद्रास ने दो सौ स्टार्टअप स्थापित किये हैं जो गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विभिन्न चरणों में बांट लें और सपने देखकर ख़द से स्पर्धा बनाए रखें उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें मातृभूमि की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में दूसरे भारत सिंगापुर हैकथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया उन्होंने कहा कि हैकथॉन स विद्यार्थियों को वैश्विक समस्याओं के समाधान और नवाचार से जुड़े विचारों का पता चलता है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए आसियान देशों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों से स्पर्धा में आगे बढ़ने और नवाचार समाधान खोजने को कहा

ये हैकथॉन तीन प्रमुख विषयों अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण बेहतर शिक्षा और किफायती तथा साफ ऊर्जा पर आयोजित किया गया

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब शांति और खुशहाली के नये पथ पर होगा

इतने सारे जवानों का बलिदान हमसे मांग करता है कि कश्मीर के अंदर एक स्थिति ऐसी निर्मित की जाए जो हमेशा के लिए शांति बनी रहे जवानों को जान गंवाने का मौका न आए

इस अवसर पर गृहमंत्री ने शहीदों की पत्नियो और जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया

यह एक्सप्रेस वे गाजियाबाद में डासना को हापुड़ से जोड़ता है बाईस किलोमीटर लंबा यह चरण करीब दो हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण का उद्घाटन किया लोकार्पण कर डासना से हापुड़ के बीच बने छह लेन नेशनल हाईवे और चार लेने की सर्विस रोड जनता को सौंपा

रविन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार हापुड़

यह प्रदर्शनी अगले वर्ष पांच से आठ फरवरी तक आयोजित होगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि और बाढ़ग्रस्त जनपदों में जिलाधिकारियों को जलभराव की स्थिति से तत्काल निपटने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जल निकासी की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा है मंख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाये और यह सनिश्चित किया जाये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान सामग्री की कोई कमी न होने पाये मुख्यमंत्री ने बाढ़ से जन हानि और अन्य नुकसान की दशा में प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि तत्काल वितरित करने के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को छुट्टी न देने के आदेश दिये हैं गौरतलब है कि प्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बलिया में जेल में पानी भर जाने के कारण कैदियों को कई अन्यंत्र जिलों में भेजा गया वर्षा और बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त हुए हैं

अब तक कूल एक सौ पचपन प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है सबसे ज्यादा बीस बीस प्रत्याशियों ने गोविन्दनगर और जलालपूर में नामांकन कराये हैं कल नामांकन पर्चो की जांच की जायेगी और तीन अक्टूबर को पर्चे वापस लेने का आखिरी दिन है

घोसी सीट के लिये अब तक पन्द्रह नामांकन दाखिल किये गये प्रदेश की गंगोह रामपुर इगलास लखनऊ केन्टोमेंट गोविन्दनगर मानिकपुर प्रतापगढ़ जैदपुर जलालपुर बलहा और घोसो सीटों के लिये उप चुनाव कराये जायेंगे भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा आज अयोध्या के रूदौली में ग्रामीण पत्रकारों के लिये वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सौ दिन की उपलब्धियों और केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई

कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि देश सतत् विकास की ओर अग्रसर है जो लोग मंदी की बात कर रहे हैं वह भ्रम फैला रहे हैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह स्थानीय विधायक और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सभापति रामचन्द्र यादव पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज सहित विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज और इसकी लखनऊ बैंच में आगामी दस और ग्यारह अक्टूबर को अवकाश रहेगा न्यायालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है न्यायालय में रजिस्ट्रार अतुल श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि इस अवकाश के बदले उन्नीस अक्टूबर शनिवार और सात दिसम्बर शनिवार को न्यायालय खुला रहेगा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने छब्बीसवें वायु सेना प्रमुख के रूप में आज अपना कार्यभार संभाल लिया